कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 कोविड के बढ़ते संकमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है उन्होंने कहा है कि देश से कोविड को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को विश्वास में लेकर पहल करनी चाहिए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैक्सीन की उपलब्धता की समीक्षा करें और मांग के अनुरूप आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें

उन्होंने बताया कि केंद्र स्थिति पर काबू पाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रहा है

कार्यस्थलों में कोविड टीकाकरण केन्द्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए एडवाइजरी जारी किया है मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिन व्यक्तियों में बुखार खांसी बदन में दर्द थकावट सुंघने की शक्ति खत्म स्वाद की शक्ति खत्म सांस लेने में कठिनाई दस्त पेट की तकलीफ आदि लक्षण दिखाई देता है तो निबंधित चिकित्सक के मार्गदर्शन में इस प्रकार की दवाओं का सेवन प्रांरभ किया जा सकता है इसमें पैरासीटामोल विटामिन सी टैबलेट सेलिन डॉक्सीसिलीन जिंक टैबलेट सहित अन्य दवाएं शामिल हैं इसके अलावा पांच बार गुनगुना पानी में नमक डालकर या बेटाडीन से गरारा और हल्दी वाले दूध का सेवन करें इसके साथ चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें परिवार के हर सदस्य का टेस्ट करायें तथा कोविड समुचित व्यवहार का पालन करें राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो हजार आठ सौ चौबालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख चौवालीस हजार पांच सौ चौरानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर एक हजार तीन लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छब्बीस हजार एक सौ अठहत्तर पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर सत्रह हजार एक सौ पचपन पहुंच गई है राज्य भर में कल उनतीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ एकसठ पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में रांची के एक हजार उनचास पूर्वी सिंहभूम के चार सौ चौतीस बोकारो और चतरा में चौरासी चौरासी हजारीबाग में दो सौ नौ धनबाद में एक सौ सत्रह रामगढ़ में इक्कायनबे द्मका में अड़सठ देवघर में पैतालीस गढ़वा में इकतीस मरीज मिले हैं कोडरमा में नब्बे लातेहार में छप्पन लोहरदगा में बयालीस पाक्ड़ में इक्कीस पलामू में इक्यावन साहेबगंज में उनचास मरीज मिले हैं इस समय झारखंड में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर सतासी दशमलव छह दो प्रतिशत हो गई है झारखंड सरकार ने कोरोना संकमण की बढ़ती रफ्तार पर अंकृश लगाने के लिए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की छ्टिटयां रदद कर दी है इस संबंध में कल स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की अध्ययन अवकाश और मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सभी देशों से खाद्य बाजारों में जीवित स्तनधारी वन्यजीवों की बिक्री स्थगित करने को कहा है

कोरोना वायरस के उदगमका पता लगाने चीन के वुहान शहर गये विश्व स्वास्थ्य संगठन के मिशन के सुझाव के मद्देनजर यह परामर्श जारी किया गया है इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करना है इस मिशन के अध्यक्ष और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी पीटरबेन एमबारेक ने यह जानकारी दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने व्हान के हुआनान बाजार का दौरा किया था जहां से पहली बार लोगों में कोरोना संक्रमण का पता चला था

इसके तहत सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम किया जाएगा बुधवार और गुरुवार को अवकाश रहने के कारण यह व्यवस्था शुक्रवार से लागू होगी जानकारी हो कि सचिवालय के कई कर्मचारी कुछ दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाये गये थे देशभर में आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्दांजलि अर्पित की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का डॉक्टर आम्बेडकर का संघर्ष प्रत्येक पीढी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के लिए इंतजाम किये जा रहे हैं

बाल गृह और रिमांड होम शहर के जेलहाता में सटकर स्थित है

बालगृह से भागे किशोरों में साहेबगंज गढ़वा के रमना पलामू के चैनपुर और तरहसी के रहने वाले हैं लगातार दो घटनाएं सामने आने पर प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मच गयी है पुलिस और सिविल प्रशासन की टीम चारों की तलाश में जुटी हुई है उनकी ऑटो बस पड़ाव और रेलवे स्टेशन में विशेष रूप से तलाश की जा रही है पलामू जिले में अपराधियों और नक्सलियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है प्रधानमंत्री ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है उन्होंने कहा कि इससे समानता भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री ने तमिल पुथांडु विशु बोहाग विह् और मेष संक्रान्ति की भी बधाई दी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कामना की कि नया वर्ष हर किसी के जीवन में स्वास्थ्य प्रसन्नता और समृद्धि का वरदान लाये उन्होंने प्रार्थना की कि नये वर्ष में लोगों की अभिलाषाएं पूरी हों

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने स्वास्थ्य मंत्री के सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बेड नहीं मिलने से मरीज की मौत की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने इलाज के इंतजार में स्ट्रेचर पर मौत स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे अस्पताल में खबर को पहली खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है सिस्टम की मौत स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बीच बेड न मिल पाने से मरे बुजुर्ग की बेटी का फूटा आक्रोश वहीं हिन्दुस्तान ने विदेशी टीके बिना ट्रायल होंगे मंजूर खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने दुनियां के सभी टीकों के लिए खुले दरवाजे खबर की लीड बनाया है